नई दिल्ली में कल पार्टी मुख्यालय में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया जेपी नड़डा भाजपा सदस्यता अभियान और संगठन के चुनावों के संपन्न होने तक कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने जेपी नड़डा को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी नड़डा के नेतृत्व में भाजपा देश व प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी नड्डा इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रदेश के पहले नेता हैं राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि प्रेम शांति और प्राकृतिक संरक्षण हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं शिमला के गेयटी थियेटर में कल एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के उदघाटन अवसर पर उन्होंने यज्ञ को पर्यावरण संरक्षण के लिये बेहद महत्वपूर्ण बताया

राज्यपाल ने प्रदर्शनी के आयोजकों के प्रयासों की सराहना भी की कौशल विकास कौशल विकास निगम के तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेम वर्क आधारित प्रशिक्षण के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र में रोजगार मिलना शुरू हो गया है

गौरतलब है कि निगम ने युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालयों में ऐड ऑन पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं जिसके तहत लगभग पांच सौ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है

किन्नौर ज़िले के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि आज निर्धारित की गई है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं

ओलावृष्टि से कई स्थानों पर फसलों को भी नुकसान होने का समाचार है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है नड्डा बने भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अबकी बार हिमाचल को कमान पंजाब केसरी का शीर्षक है जेपी नडडा हिमाचल से कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले पहले नेता दिव्य हिमाचल के शब्द हैं भगवा दल के संसदीय बोर्ड ने हिमाचल से राज्यसभा सांसद को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी हिमाचल दस्तक का कहना ह नड्डा के बहाने हिमाचल का राजनीतिक उदय दैनिक जागरण के अनुसार नड्डा भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष चुनाव के बाद औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद मिलने की सम्भावना आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखता है जर्मनी और नीदरलैंड के रोड शो से आएंगे सकारात्मक परिणाम दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है जर्मनी नीदरलैंड करेंगे हिमाचल में निवेश हिमाचल दस्तक की सुर्खी है कृषि और बागवानी में आएगा निवेश जबकि पंजाब केसरी ने लिखा है नवंबर में धर्मशाला में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट दैनिक भास्कर ने खबर दी है सरकारी और निजी होटलों को खुद ठिकाने लगाना होगा किचेन वेस्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यटन विभाग को जारी किया नोटिस कपूर का विधायकी से इस्तीफा मंत्री पद से अभी नहीं छूटा मोह शीर्षक से अमर उजाला लिखता है कश्यप का इस्तीफा भी विधानसभा अध्यक्ष ने किया मंजूर हिमाचल में आईटी सेक्टर में सात सौ करोड़ का निवेश अपेक्षित दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में बारिश बर्फबारी के बीच कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि